मजदूर मौत छिंदवाड़ा जिले के वेस्टर्न कोल फील्ड़ लिमिटेड की नहरिया माईन में छत गिरने से पांच मजदूरों की मौत हो गई है मलबे में अन्य मजदूरों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है बताया जा रहा है कि एलएसडी मशीन निकालते समय चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ पुलिस प्रशासन और बीएसएफ के जवान घटना स्थल पर पहुंच गये हैं रेस्क्यू टीम लगभग तीन किलोमीटर अंदर दबे कर्मचारियों को निकालने का काम कर रही है वहीं भिण्ड में भी आज लाहार रोड पर दो यात्री बसें आमने सामने से टकरा गई जिससे मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई वहीं एक व्यक्ति को गंभीर हालत में ग्वालियर रैफर किया गया था जहां उसकी भी मौत हो गई मृतकों में एक महिला भी शामिल है

डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आगे लोक लुभावन उपायों को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठापूर्ण सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जब तक निजी क्षेत्र मजबूत नहीं होगा देश समृद्ध नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को बेहतर प्रदर्शन कर भारत के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना चाहिए देश में कानून के शासन के महत्व पर जोर देते हए श्री डोभाल ने कहा कि विश्वे में भारत को अपना स्थान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को विशेष महत्व देना होगा उन्होंने भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिए जाने पर जोर दिया

जिनमें से एक के शव को रेस्क्यू कर लिया गया है वहीं दूसरे के शव को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम भी जुटी हुई है खजुराहो थाना अंतर्गत ग्राम खरोई में कल शाम करीब चार बजे दो मजदूर हरिचरण पटेल और रामप्रसाद कुशवाह एक कुएं के मलबे में दब गए थे दोनों मजदूर कुएं में काम कर रहे थे तभी मिट्टी धंस गई प्रशासन का अमला राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है देवकीनंदन ठाकुर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी चुनावी समर में उतरने के संकेत दिए हैं श्री ठाकुर की संस्था अखंड भारत मिशन के कार्यालय का कल राजधानी भोपाल में उद्घाटन हुआ इसी दौरान संस्था के पदाधिकारी विजय शर्मा ने बताया कि अखंड भारत मिशन ने अपनी पार्टी और चुनाव चिह्न के साथ मध्यप्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है

यह एप न केवल निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों के उपयोग में आयेगा बल्कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम मतदाताओं के लिए भी बहउपयोगी सिद्ध होगा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने बताया कि निर्वाचन खण्डवा एप हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संचालित किया जा सकता है इस एप के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने मतदान केन्द्र का रास्ता मतदान केन्द्र की घर से दूरी मतदाता सूची में अपने नाम की जानकारी और अपने क्षेत्र के बीएलओ पटवारी रोजगार सहायक अपने क्षेत्र का सेक्टर आफिसर्स की जानकारी तो पा ही सकता है साथ ही अपनी वोटर स्लिप की जानकारी ले सकता है अपने मतदान केन्द्र का फोटो देख सकता है कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा द्वारा समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के लिये आइडिया मांगने पर कहा है कि प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए जनता के पास आने वाले चुनाव में भाजपा को हटाने का आइडिया है

उन्होंने भाजपा पर मध्यप्रदेश का खजाना खाली करने और विकास रोकने का भी आरोप लगाया

स्वीप कार्यक्रम के तहत महिला मतदाता जागरूकता को लेकर बुरहानपुर और शाहपुर में पिंक रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिलाओं ने हाथो में बैनर पोस्टर लेकर मतदान मेरा अधिकार का संदेश दिया

उन्होंने कहा है कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से व्यथित महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रणाली शी बॉक्स में एक बार शिकायत पहुंचने पर उसे तुरंत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया जाता है उनकी शिकायत संबंधित विभाग की आंतरिक शिकायत निवारण समिति और स्थानीय शिकायत निवारण समिति को भेज दी जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से महिला और बाल विकास विभाग के साथ साथ शिकायतकर्ता भी अपनी शिकायत की प्रगति के बारे में जान सकेंगे मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार हनन के आधा दर्जन मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है आयोग द्वारा भोपाल में जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन्दौर जिले के बियावानी स्थित एक स्कूल की शिक्षिका मीता जैन द्वारा मासूम के साथ मारपीट किये जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है आयोग ने राजधानी भोपाल और कटनी शहर की विभिन्न कालोनियों में निजी कंपनियों द्वारा लगाये जा रहे टावरों से फैल रहे रेडिएशन से पीड़ित रहवासियों की समस्या के मद्देनजर कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त से प्रतिवेदन तलब करते हुए जबाव तलब किया है इसी तरह रायसेन जिले के गैरतगंज के एक आंगनबाड़ी भवन की हालत जर्जर होने के मामले में कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से एक माह में प्रतिवेदन तलब करते हुए पूछा है कि भवन कब से जर्जर हालत में है इस पर क्या अभी तक कार्यवाही हुई है

इस दौरान स्थानीय व्यवसाइयों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के मिलने का भी कार्यक्रम तय किया गया हैं वे यहां एक रोड शो भी करेंगे इस संबंध में स्थानीय कांग्रेसजनों आलाकमान को मार्ग चिन्हित कर दो विकल्प प्रेषित कर दिये हैं

जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिहोरा में जनआशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत सभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसान और गरीबों की सरकार है किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत दी जायेगी सरकार पहले ही किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दे रही है

वहीं गरीबों का बिजली का बिल माफ किया गया है और हर गरीब को मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया गया है सोना जब्त इंदौर में राजस्व सूचना निदेशालय ने मुंबई से करीब छह किलो सोना लेकर इंदौर पहुंचे दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है दोनों के पास से करीब छह किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए थे इनमें एक महिला भी शामिल है दोनों यात्रियों के कब्जे से सौ सौ ग्राम सोने के बिस्किट करके कुल छह किलो सोना पाया गया है बरामद सोने की कीमत करीब दो करोड़ रूपये आंकी गई है अधिकारियों को आशंका है कि ये सोना खाड़ी के किसी देश से तस्करी कर लाया गया है

आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में स्वामी सम्वित सोमगिरी का उदबोधन रहेगा इसके अलावा अद्वेत अकादमी के आचार्य डाक्टर के अरविन्द राव का उद्बोधन और कर्नाटक के विख्यात गायक कावालम श्री कुमार पणिक्कर का गायन होगा पुतुल समारोह मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में कल से पांच दिवसीय पुतुल समारोह की शुरूआत हो गई है

इसके अलावा पश्चिम बंगाल लखनऊ नई दिल्ली के कलाकार धागा छड़ और दस्ताना शैली के साथ ही पुतली में नौ प्रयोगों को दिखाएंगे

जबलपुर जिले के मझगवाँ ग्रामीण थाना क्षेत्र में एक छात्रा का शव पुलिस ने नहर के पानी से बरामद किया है शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है